एक ट्वीट में कल रात श्री मोदी ने कहा कि वृहद अर्थव्यवस्था और रोजगार कृषि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से सकारात्मक बातचीत हुई चालीस से अधिक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री ने कल आर्थिक नीति और भविष्य की राह विषय पर बातचीत की थी प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अर्थनीति से संबंधित सुझावों और विचारों के लिए सभी संबंधित पक्षों का आभार व्यक्त किया देशभर के एक सौ सत्रह आकांक्षात्मक जिलों के बीच नामसाई जिले ने शिक्षा में पहले श्रेणी हासिल की है मुख्य सचिव सत्य गोपाल को लिखे एक अधिकारिक पत्र में शनिवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी अमिताभ कांत ने यह जानकारी दी गौरतलब है कि इस वर्ष के फरवरी मार्च महिने पर हुए वृद्धिशील प्रगति पर यह रैंकिंग आधारित है विशेष पहल के दिशानिर्देश के तहत नामसाई अब एक समय में संयुक्त निधि के रुप में तीन करोड़ के अतिरिक्त आवंटन के योग्य है

सरकार ने देश के किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर सात सौ तेरह कृषि विज्ञान केंद्र और छह सौ चौरासी कृषि प्रौद्योगिकी प्रंबंधन एजेंसियों का गठन किया है इसका उद्देश्य दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करना है इसके लिए गठित अंतरमंत्रालय समिति ने कृषि कार्यों में बदलाव और आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए है

लोवर दिवांग वैली जिला प्रशासन द्वारा बीस जून को आयोजित गेस्ट लेक्चर कार्यक्रम के तहत उन्होंने यह बात कही

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर वार्ता के लिए हमें जनजातीय नेता की जरुरत है इस दौरान स्थानीय विधायक मुचु मिथि ने कहा कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है और इसे हमें संरक्षित करना चाहिए उन्होंने मातृ भाषा को भी संरक्षित रखने पर बल दिया आज अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक दिवस है यह पूरे विश्व में किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि वे देश और खेलों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से बचें और स्पर्धाओं में विशुद्ध खेल भावना से भाग लें यह दिन केवल खेल कूद गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में खेलों में निष्पक्षता एकता और सम्मान की ओलंपिक भावना को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है राष्ट्र आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उनका निधन उन्नीस सौ तिरपन में आज ही के दिन हुआ था भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म छह जुलाई उन्नीस सौ एक को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था सरकार ने कहा है कि भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति के बारे में किसी अन्य देशों की सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है अमरीकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रकाशित ताजा रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रताओ को संरक्षण प्रदान करता है उन्होंने कहा है कि भारत को धर्मनिरपेक्षता विशालतम लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज के साथ सहिष्णुता और समावेशिता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर गर्व है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है